स्वीप कार्यक्रमों के तहत आज भी प्रदेशभर में हो रही है कई गतिविधियां जयपुर में होगी कल मैराथन उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय सतर्कता आयोग को सीबीआई के निदेशक और विशेष निदेशक पर लगे आरोपों की जांच रिपोर्ट दो सप्ताह के भीतर देने का निर्देश दिया पारम्परिक उल्लास के साथ मनाई जा रही है आज करवा चौथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष मदनलाल सैनी ने कहा है कि विधानसभा चुनाव के लिए पार्टी के उम्मीदवारों की पहली सूची दीपावली के आसपास जारी कर दी जाएगी भाजपा संगठन के प्रभारियों की बैठक में भाग लेने अजमेर पहुंचे श्री सैनी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि भाजपा विकास के मुद्दे पर जनता के बीच पहुंच रही है उन्होंने कहा कि प्रत्याशियों पर अंतिम फैसला पार्टी का संसदीय बोर्ड करेगा और टिकिट के लिए जितने भी आवेदन आये है वे प्रदेश चुनाव समिति के सामने रखे जायेंगे उन्होंने कांग्रेस नेताओं पर दुष्प्रचार का आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी किसानों के नाम पर राजनीति कर रहे है इधर कांग्रेस पार्टी भी अपने उम्मीदवारों की सूची को अंतिम रूप देने में जुटी है इसी संदर्भ में आज प्रदेश के लिये बनी स्कीनिंग समिति की नई दिल्ली के कांग्रेस मुख्यालय में बैठक होगी

निर्वाचन आयोग ने इस बार विधानसभा चुनाव की थीम सुगम मतदान रखी है इसके तहत विशेष रूप से दिव्यांगों और अन्य मतदाताओं के लिये मतदान केन्द्रों पर विभिन्न व्यवस्थायें की जायेगी

जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आलोक रंजन ने बताया कि मैराथन को मुख्य निर्वाचन अधिकारी आनन्द कुमार हरी झण्डी दिखाकर रवाना करेंगे श्री रंजन ने बताया कि मैराथन में लगभग तीन हजार प्रतिभागी भाग लेंगे

रावत पर समाचार पत्रों में प्रष्कर विकास यात्रा के पर्चे वितरित कराने का आरोप है कांग्रेसी नेता मंजू कूडिया की ओर से जिला निर्वाचन अधिकारी को दी गई लिखित शिकायत के बाद श्री रावत से जवाब मांगा गया है उच्चतम न्यायालय ने केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा और विशेष निदेशक राकेश अस्थाना के आरोपों की जांच उच्चतम न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश ए के पटनायक की निगरानी में केन्द्रीय सतर्कता आयोग सी वी सी से कराने का निर्देश दिया है न्यायालय ने दो सप्ताह के अंदर रिपोर्ट देने को कहा है सीबीआई के निदेशक आलोक कुमार वर्मा को छुट्टी पर भेजने के सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर उच्चतम न्यायालय ने सीबीआई सीवीसी और केन्द्र से जवाब मांगा है यह याचिका आलोक वर्मा ने दायर की है

उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि श्री राव द्वारा लिए गए सभी फैसले अदालत में सील बंद लिफाफे में पेश किए जाएं

प्रदेश के बहुचर्चित पोषाहार घोटाले में कल अजमेर स्थित भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की विशेष अदालत में आरोप पत्र पेश कर दिया गया

राजस्थान के इतिहास का यह पहला मामला है जिसमें ग्यारह करोड़ के कथित पोषाहार घोटाले में अदालती कार्यवाही के लिए इतने अधिक पन्नों की चार्जशीट पेश की गई है भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के अनुसार नागौर जिले में आईसीडीएस के पोषाहार केंद्रों पर भ्रष्टाचार की शिकायत के बाद अजमेर ब्यूरो की टीम ने कार्यवाही करते हुए नागौर की उपनिदेशक ऊषा रानी सहित तीन ठेकेदारों को जुलाई में रिश्वत की राशि के साथ गिरफ्तार किया था सरहद पर सेवा दे रहे बीएसएफ के जवानों को ड्यूटी के दौरान तनाव कम करने और शारीरिक दर्द से बचाने के लिये कल जैसलमेर में विशेष मोटिवेशन कार्यकम आयोजित किया गया इसमें देश की जानी मानी प्रेरक सीमा ठाकूर ने बीएसएफ जवानों उनके परिजनों और अधिकारियों को बिना दवाओं का सहारा लिए दक्षता के साथ ड्यूटी करने के गुर सिखाए सुश्री ठाकूर ने प्रेजेंटेशन के जरिये बीएसएफ के जवानों को तनाव मुक्त जीवन जीने की उपयोगी जानकारी दी

बीकानेर जिले के डूंगरगढ़ में अफीम की तस्करी के लिये कार लूटने वाले आरोपियों को पुलिस ने कल पंजाब से गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने तफ्तीश के बाद कार नागौर में बरामद कर ली आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि उन्होने अफीम तस्करी के लिये कार लूटी थी